बिहार की राज्यसभा की एक सीट के लिये सोलह अक्टूबर को होगा चुनाव

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सीवान सारण सुपौल और दरभंगा में अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है मधुबनी सीतामढ़ी शिवहर किशनगंज अररिया वैशाली मुजफ्फरपुर समस्तीपुर खगड़िया सहरसा और मधेपुरा में भी भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गयी है इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में चक्रवाती कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण रूक रूक कर वर्षा हो रही है मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में अधिकतर स्थानों पर औसतन बीस मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में सबसे अधिक तेरह सेंटीमीटर जबकि सीवान के पचरूखी और पूर्वी चंपारण के केसरिया में बारह सेंटीमीटर वर्षा हुई है राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में हल्की वर्षा के बावजूद गंगा समेत सभी नदियों का जलस्तर घट रहा है या स्थिर बना हुआ है केन्द्रीय जल आयोग की सूचना के अनुसार गंगा का जलस्तर बक्सर पटना के दीघा घाट गांधी घाट हाथीदह समेत विभिन्न स्थानों पर घटा है मुंगेर और कहलगांव में नदी का जलस्तर रिथर बना हुआ है जबकि भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गयी है सोन नदी का जलस्तर रोहतास के इंद्रपुरी भोजपुर के कोईलवर और पटना के मनेर में घटा है इधर प्रनपून नदी के जलस्तर में पटना के श्रीपालपूर में कमी दर्ज की गयी है घाघरा नदी का जलस्तर सभी स्थानों पर घटा है जबकि गंडक नदी का जलस्तर अधिकांश स्थानों पर स्थिर बना हुआ है ब्रुढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर और समस्तीपुर में वृद्धि दर्ज की गयी है जबकि रोसड़ा और खगड़िया में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है आयोग की सूचना के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में बढ़ा है और खतरे के निशान से करीब एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत विभिन्न प्रशासनिक टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं

शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम पक्षों से कहा कि वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट एएसआई पर अपनी बहस जल्द ही पूरी कर लें न्यायालय ने कहा कि अक्तूबर में छुट्टियां पड़ रही हैं और चार हिन्दू पक्षों के केवल एक अधिवक्ता को प्रत्युत्तर पेश करने की अनुमति दी जाएगी इस बीच मुस्लिम पक्ष ने आज भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण की दो हजार तीन की रिपोर्ट पर यूटर्न लिया और न्यायालय से उसका समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगी उनके वकील ने कहा कि वे एएसआई की रिपोर्ट के सारांश को चुनौती नहीं देना चाहते मुस्लिम पक्ष के वकील ने कल एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसके हर अध्याय का एक लेखक है परन्तु सारांश बनाने वाले का नाम नहीं दिया गया है चूनाव आयोग ने बिहार और उत्तर प्रदेश की एक एक राज्यसभा सीटों के लिये उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है इन रिक्त सीटों पर सोलह अक्टूबर को चूनाव होगा भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री अरूण जेटली तथा राजद से राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी के निधन से ये सीटें रिक्त हुई हैं अधिसूचना कल जारी की जायेगी चार अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी एनडीए विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के लिये अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कल करेगा खबर है कि बेलहर सिमरी बख्तियारपुर दरौंदा और नाथनगर विधानसभा सीट पर जदयू और किशनगंज से भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी वहीं समस्तीपुर लोकसभा सीट लोजपा के खाते में गयी है इधर महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फूट पड़ गयी है कांग्रेस ने विधानसभा की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने एकतरफा निर्णय करते हुए चार सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिये हैं और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया है जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्द्रस्तानी अवाम मोर्चा ने पहले ही नाथनगर से और मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले वीआईपी ने सिमरी बख्तियारपुर से प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है इधर जीतन राम मांझी ने आज कटिहार में कहा कि वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में मानवता और सामाजिक विकास के लिए अध्यात्म विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया राष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा का महात्मा गांधी का दर्शन पूरे विश्व के लिए लाभदायक है साउंड बाईट विश्व में शांति एवं अहिंसा स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक मुल्यों का प्रचार प्रसार बहत अनिवार्य है इस तथ्य को महात्मा गांधीजी ने गहराई से समझा था उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सत्य अहिंसा शांति और सद्भाव पर आधारित व्यवस्थाओं के बल पर ही मानव समाज का उत्थान संभव है गांधी जी के ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सदैव प्रासंगिक रहेंगे राष्ट्रपति ने कहा कि देश की पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या युवा है और उन्हें महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ने की आवश्यकता है उन्होंने जलवायू परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है साउंड बाईट आज केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्यावरण के हित में चल रहे अनेक प्रयास गांधी जी के विचारों को यथार्थ रूप देते हैं पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए गांधी जी का आग्रह उनकी दूरदर्शिता को रेखांकित करता है ऐसी दूरदर्शिता अध्यात्म के स्रोत से ही निकलती है और इसीलिए हर यूग में प्रासंगिक रहती है इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का एक सौ पचासवां वर्ष मनाया जा रहा है बिहार की धरती से आंदोलन की शुरुआत कर मोहन दास से वे महात्मा गांधी के रुप में स्थापित हुए

सत्याग्रह आंदोलन से उन्होंने किसानों की हक की लडाई लडी पश्चिम चंपारण जिले के मितिहरवा आश्रम में रहने वाले गांधीवादी अनिरुद्ध चौरसिया ने बताया कि किस प्रकार किसान अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए थे

श्री चौरसिया ने बताया कि गांधी जी को चंपारण की धरती पर आमंत्रित करने के लिए किसानों एक जुट होकर फैसला किया था

किसानों को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराकर और सत्याग्रह के प्रयोग से गांधी जी ने चंपारण की धरती को आजादी के आदोलन के इतिहास में अमर कर दिया बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ पटना से अभिषेक दास महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के मौके पर दो अक्तूबर को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में भारत को खुले में शौच से मुक्ति की औपचारिक घोषणा की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित विराट सम्मेलन में यह घोषणा करेंगे वे इस दौरान बिहार के अलावा देश् भर से आए बीस हजार से अधिक सरपंचों और मुखिया को संबोधित करेंगे गया जिले में डुमरिया थाना पुलिस ने पूर्व विधान पार्षद के मकान में बम विस्फोट करने वाले प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के नक्सली दिनेश सिंह भोक्ता को गिरफ्तार कर लिया है कटिहार जिले के पोठिया पुलिस आउट पोस्ट के थाना प्रभारी दीप नारायण यादव को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है

बिहार की राज्यसभा की एक सीट के लिये सोलह अक्टूबर को होगा चुनाव